मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून में ली परेड की सलामी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री ने गुजरात पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को भी देखा देश भर में सात सौ से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाईचारे की भावना की जरूरत बताई

केंद्रशासित प्रदेश लौहपुरूष सरदार पटेल की जयन्ती पर आज ऐतिहासिक घटना के रूप में दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गये हैं आज सुबह लेह में आर के माथुर ने नये बने केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली उन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलाई नये उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के तुरन्त बाद राधा कृष्ण माथुर ने काम संभालते हुए लद्दाख प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की जिला कलेक्टरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये इसके बाद श्रीनगर में गिरीशचन्द्र मुर्म ने केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली

रन फॉर यूनिटी राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया नैनीताल में पंत पार्क मल्लीताल से अपर जिलाधिकारी और पूर्व ओलम्पिक हॉकी खिलाड़ी राजेन्द्र सिंह रावत ने दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया कमाऊं मण्डलायुक्त राजीव रौतेला ने हल्द्वानी में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था न्यायप्रणाली तभी सुचारू होती है जब जनता मे एकता होती है चम्पावत में भी विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्रों ने रैली निकाली और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली विभिन्न स्थानों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारी कर्मचारी स्कूली बच्चों और आम जनमानस ने प्रतिभाग किया अल्मोड़ा में जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखण्डता और सुरक्षा की शपथ दिलाई वहीं रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ नुमाइशखेत मैदान से किया गया टिहरी जिले में भी सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी भाषण और गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया नई टिहरी में रन फॉर यूनिटी को एसएसपी डा योगेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखायी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिया गया वहीं छात्र छात्राओं ने रैली भी निकाली पौड़ी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई वहीं सुबह रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया इसके अलावा जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी निकाली गई साथ ही निबंध रंगोली पेंटिंग वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उत्तरकाशी में स्कूली बच्चों आईटीबीपी पुलिस एसडीआरएफ एनसीसी और पीआरडी जवानों ने शहर में मार्च पास्ट किया उसके बाद एकता के लिए दौड़ शुरू हुई विजेता सभी धावकों को जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया चमोली में जिला मुख्यालय सहित तहसील और विकासखण्ड स्तर पर भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया साथ ही सरदार पटेल को श्रद्वांजलि देते हुए देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा की शपथ ली गई रन फॉर यूनिटी के अलावा वहद सफाई अभियान भी चलाया गया

रुद्रप्रयाग में भी एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया

आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून के पुलिस लाइन में हए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही उनका मानना था कि बिना किसानों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती

जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के आदर्शो से प्रेरणा लेकर देश के सर्वागीण विकास के लिए अपना योगदान देना होगा इस अवसर पर क्लेमेंटाउन थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना चुने जाने पर सम्मानित किया गया पुलिस अधिकारियों को भी उत्कृष्ट कार्यो और विवेचना के लिए सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री ने नैनीताल में ज्योलिकोट के पास पुलिस वाहन दुर्घटना में मृतक पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे इससे पहले पवेलियन मैदान से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया विधानसभा अध्यक्ष देहरादून में विधानसभा परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ध्रमधाम से मनाया गया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरदार पटेल के चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किये इस अवसर पर चलचित्र के माध्यम से सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवनी पर आधारित फिल्म भी प्रदर्शित की गई साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ भी दिलाई विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने सरदार पटेल को नवीन भारत का निर्माता बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे उन्होंन कहा कि देश के विकास में सरदार वल्लभभाई पटेल के महत्व को सैदव याद रखा जाएगा

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की प्रदेश के अन्य जिलों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों ने भारतीय सैन्य अकादमी के केंद्रीय विद्यालय में पार्टनर स्टेट तमिलनाडु की संस्कृति पर आधारित गीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए तमिल भाषा में लोक नृत्यों की प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने की विद्यार्थियों ने मछुआरों के गीत भी प्रस्तुत किए विद्यार्थियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के पार्टनर देश मैक्सिको के लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पार्टनर स्टेट तमिलनाड् के बारे में तमिल भाषा में जानकारी दी साथ ही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की मुख्य इमारत के सामने शिव वंदना की भी प्रस्तुति दी कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों को पौधा भेंट कर स्वागत किया गया विद्यार्थियों का यह दल नई दिल्ली रवाना हो गया है जो वहां राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी करेगा फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है

प्रसार भारती प्रसार भारती के मुख्यर कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने जम्मु श्रीनगर और लेह में रेडियो स्टेशनों का नाम बदलकर आकाशवाणी जम्मू आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लशभ भाई पटेल की जयंती पर प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है